इंडिजिनियस फैथ एण्ड कल्चर सोसायटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के साथ इस संबंद्ध में रखे पहली परामर्श बैठक में श्री खांड् ने यह बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित अधिनियम की विस्तार से अध्यन कर इसके आशय को समझना होगा विस्तृत विचार विमर्श के बाद राज्य स्तरीय स्टेन्डिंग कमिटि एस एल एस सी ने बिजली मंत्रालय को चार सौ पांच करोड़ रुपए मुल्य की डी पी आर की सिफारिश करने का निर्णय लिया यह मुख्य सचिव सह एस एल एस सी अध्यक्ष श्री सत्य गोपाल की अध्यक्षता में आज बुलाए एस एल एस सी बैठक में यह निर्णय लिया गया

वेस्ट सियांग और लोअर सियांग जिले में खराब आधार लिंकिंग कवरेज पर चिंता जताते हुए महिला एवं शिश् विकास आयुक्त गामली पाद्र ने विभागीय अधिकारियों से आऊट पोस्ट में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संपर्क कर अच्छे आधार लिंकिंग कवरेज के लिए तार्किक समर्थन और फिल्ड स्टाफ को संगठित करने को कहा वेस्ट सियांग जिला मुख्यालय आलों में कल हुए समीक्षा बैठक में श्री पादू ने यह बात कही इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री फ्लेगशिप कार्यक्रमों को पत्र और भावना में कार्यान्वित करने पर भी जोर दिया गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग सामरिकदष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और देश की बहुमूल्य संपत्ति की तरह हैं और सीमाओं की रक्षा में उनकी अहम भूमिका है गृहमंत्री ने कल नई दिल्ली में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को लागू करने वाले क्षेत्रीय और राज्यस्तर के अधिकारियों के साथ बातचीत में यह बात कही उन्होंने कहा कि केंद्र ने सत्रह राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित गांवों के चहुंमुखी विकास के लिए दो हजार सत्रह अट्ठारह में ग्यारह सौ करोड़ रुपये जारी किए हैं उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन डाटा की निगरानी रखने के लिए सोशल मीडिया संचार हब बनाने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैसले पर कड़ी आपति जताई है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार लोगों के व्हाट्सअप संदेशों की जानकारी इकट्ठा करना चाहती है न्यायालय ने इस मामले में सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस विधायक महुआ मोइत्रा की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है और इस मामले में ऑटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की मदद मांगी है उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले अट्ठारह जून को हब बनाने के केंद्र सुनवाई करने से इनकार कर दिया था याचिका में कहा गया था कि इस फैसले से लोगों की डिजिटल और सोशल मीडिया पर दिए गए संदेशों की जानकारी एकत्र की जा सकेगी मंत्रालय ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कनसल्टेंटस इंडिया लिमिटेड को इस परियोजना के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का ठेका दिया है ईस्ट सियांग जिला पुलिस ने मंगलवार को डूपोक गांव से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को एक सात वर्षिय बच्ची के साथ कथित रुप से क्रकर्म करने के अपराध में गिरफ्तार किया पुलिस ने बताया कि जब बच्ची मंगलवार की सूबह अपने घर में अकेली टी वी देख रही थी उसी वक्त आरोपी ने अपराध को अंजाम दिया जिले के विभिन्न महिला संगठनों ने पुलिस व प्रशासन से आरोपी को प्राणढंड की सजा देने की अपील की

रिपोर्ट में बताया गया है कि ईटानगर स्थित पुलिस कॉलोनी और स्टेटिसटिक कॉलोनी को जोड़ने वाली सस्पेंशन ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है और इसकी मरम्मत के लिए आज से पांच दिनों के लिए इस ब्रिज पर यातायात पर रोक लगा दिया है

यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भार ईय महिला हैं हिमा दास ने इक्यावन मिनट छियालीस के साथ चार सौ मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता है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 आज का अधिकतम तापमान तैंतीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया